न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बस्री पीठ ने इस मामले की पहले ही सुनवई कर आदेश दे दिया है पीठ ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती शीर्ष न्यायालय ने इस महीने के शुरू में इक्कीस विपक्षी दलों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी जिसमें पचास प्रतिशत ईवीएम वोटों का मिलान वीवीपैट से कराने की मांग की गई थी विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मण्डल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग में अधिकारियों से मिलकर ईवीएम का मिलान वीवीपैट से कराने के मुद्दे पर बातचीत करेगा विपक्षी दलों की मांग है कि अगर किसी भी मतदान केन्द्र पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केन्द्रों के ईवीएम का मिलान वीवीपैट से कराया जाए इस बीच इन नेताओं की एक बैठक चल रही है जिसमें निर्वाचन आयोग के साथ होने वाली बातचीत के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रोंग रूम के आसपास संदेहजनक ईवीएम पाये जाने की रिपोर्टो को खारिज कर दिया है आयोग ने एक बयान में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और विशेष रूप से गाजीपुर चंदौली डुमरियागंज और झांसी संसदीय क्षेत्रों में इन आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है बयान में कहा गया है कि इन सभी मामलों में ईवीएम और वीवीपैट राजनीतिक दलों के उम्मीदवरों के सामने ही सील कर दी गई हैं और इनकी वीडियोग्राफी भी की गई है आयोग ने बताया है कि स्ट्रोंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और केन्द्रीय सुरक्षाबल तैनात हैं आयोग ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों को स्ट्रोंग रूम की निगरानी करने की अनुमति दी गई है और उनके प्रतिनिधि चौबीसों घंटे इसकी निगरानी कर रहे हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकेटेश्वर लू ने कहा कि राज्य में सभी ईवीएम सुरक्षित हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांगरूम में रखी गई हैं उन्होंने विपक्षी दलों के ईवीएम के बदले जाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह मामला गाजीपुर चंदौली झांसी और डूमरियागंज के कुछ नेताओं ने उठाया है गाजीपुर जिले में बसपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने स्ट्रांग रूम केन्द्र के सामने धरना दिया और आरोप लगाया कि ईवीएम मशीनों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की गई मशीने थीं जिन्हें मतदान के दिन किन्ही कारणों से वापस नही जाया जा सकता था मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वरलू ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झांसी और डुमरियागंज के मामले काफी पुराने हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव परिणामों की बृहस्पतिवार को घोषणा से पहले आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे रात्रि भोज पर होने वाली इस बातचीत में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित गठबंधन के अन्य नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे बिहार के मुख्य मंत्री और जनता दल यूनाइडेट प्रमुख नीतीश कुमार शिवसेना प्रमुख उद्दव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव पर पहली बार चालिस घंटे के लिए लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा आकाशवाणी समाचार तेईस मई सुबह सात बजे से चौबीस मई रात ग्यारह बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में विशेष जनादेश दो हजार उन्नीस प्रस्तुत करेगा स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा दूरदर्शन ने भी तेईस मई को सुवह छः बजे से चुनाव परिणामों के प्रसारण के लिये विशेष व्यवस्था की है राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अट्ठाईसवीं पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राजीव गांधी की पुष्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि दी है